आज विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आदिवासियों का विकास करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है प्रदेश में आने वाले महीनों में सत्रह रेल्वे ओव्हर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे रेलमंत्री पीयूष गोयल ने दी मंजूरी

राज्यसभा उपसभापति राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को बीस वोटों से पराजित किया हरिवंश सिंह को एक सौ पच्चीस और बीके हरिप्रसाद को एक सौ पांच वोट मिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पत्रकार के रूप में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय काम किया है हरिवंश जी उस कलम के धनी हैं जिसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई एक सांसद के रूप में आपने सफल कार्यकाल के अनुभव सबको कराया मैं सदन के सभी महानुभाव का सभी आदरणीय सदस्यों का इस पूरी प्रक्रिया को बहुत उत्तम तरीके से आगे बढाने के लिए और उप सभापति जी को मुझे विश्वास है उनका अनुभव उनका समाज कार्यो के प्रति समर्पण समाज के नीचे के स्तर के लोगों से जुड़े हुए महानुभाव आज हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं मेरी तरफ से उनको बहत बहत बधाई इस अवसर पर नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवेश नारायण सिंह ने कहा कि वे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तरीके से करेंगे उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की विश्व आदिवासी दिवस मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के आदिवासियों का विकास करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कुल बजट का पैंतीस फीसदी हिस्सा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए रखा है मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण ही माओवाद जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं इसी कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कृषि शिक्षा स्वास्थ्य बिजली और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के जावंगा में बनाई गई एजुकेशन सिंटी का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुकी है इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण भी किया जा रहा है कार्यक्रम को आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप ने भी संबोधित किया इस अवसर पर राज्य सरकार के अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से नई दिल्ली में कल हई मुलाकात के दौरान रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इन निर्माण कार्यो को मंजूरी दी श्री गोयल ने कहा कि सभी प्रस्तावों पर रेल मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण जल्द शुरू कराया जाएगा रेलमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और यात्री सुविधाओं के विकास और विस्तार के कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की रेलमंत्री ने इन प्रस्तावों पर भी तत्काल अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी इनमें सात रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के प्रस्ताव भी शामिल हैं विकास यात्रा प्रदेश में विकास यात्रा का दूसरा चरण तीस अगस्त से शुरू होगा नई दिल्ली से आज सुबह रायपुर लौटने के बाद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विकास यात्रा के दूसरे चरण की शुरूआत वे डोंगरगढ़ से करेंगे उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के दूसरे चरण के कार्यक्रम में कुछ केन्द्रीय मंत्री भी शामिल होंगे

इनमें छत्तीसगढ़ राज्य सुचना आयोग और छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग के जीएसटी का कार्यालय भवन शामिल हैं साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में पर्यावरण हितैषी स्वास्थ्य के लिए लाभकरी पब्लिक बाइसिकिल सेवा का शुभारंभ किया प्लास्टिक ध्वज रोक केन्द्र सरकार ने सभी नागरिकों से सार्वजनिक रूप से प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वजों का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया है साथ ही राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से भी ध्वज संहिता पर कड़ाई से अमल करने को कहा है राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे इस दौरान वे रायपुर में नवनिर्मित कांग्रेस भवन का लोकार्पण करेंगे मिली जानकारी के अनुसार श्री गांधी अपने रायपुर प्रवास के दौरान प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे साथ ही वे जंगल सत्याग्रह का भी शुभारंभ करेंगे माओवादी वारदात बीती रात दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने दो यात्री बसों और एक ट्रक में आग लगा दी वहीं कमालूर स्टेशन के पास माओवादियों ने पटरी को उखाड़ दिया मिली जानकारी के अनुसार जगदलपुर से किरंदुल जाने वाली ट्रेन इस पटरी पर आ रही थी इसी दौरान ट्रेन के ड्राईवर ने दूर से ही पटरी को उंखड़ा हुआ देखकर ब्रेक लगा दिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया उधर दंतेवाड़ा जिले में ही गमावाड़ा और धुरली गांव के बीच माओवादियों ने दो बसों को रोका और यात्रियों को उताकर इन बसों को आग के हवाले कर दिया सुबह जब आसपास के लोगों ने इन जली हई बसों को देखा तो इनमें से एक बस में नरकंकाल भी पाया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल ने बताया कि मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है

इस बीच माओवादियों ने कल ही रायपुर से किरंदुल जा रहे एक ट्रक में भी आग लगा दी

इन्हीं में से एक हैं महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया सखी सेंटर इन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के अनाचार और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं की मदद की जाती है साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरंसभव प्रयास किए जाते हैं सखी सेंटर केन्द्र सरकार की निर्भया कोष के तहत मंजूर की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है केन्द्र की इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ में भी सखी सेंटरों की स्थापना की गई है राज्य में सखी सेंटर द्वारा महिलाओं की मदद के लिए हेल्प लाइन सेवा शुरू की गई है इसका नंबर है एक सौ इक्यासी यह सेवा चौबीस घंटे उपलब्ध रहती है यहां पीड़ित महिलाओं द्वारा फोन किए जाने पर तत्काल उन्हें पुलिस की मदद सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उन्हें सखी सेंटर में रहने की सुविधा भी दी जाती है प्रदेश का पहला सखी सेंटर पिछले वर्ष रायपुर में शुरू किया गया था इस कोन्द्र के शुरू होने के बाद से अब तक सैकड़ों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं

रायपुर के अलावा अन्य सभी जिलों में संचालित सखी सेंटरों के जरिये भी पीड़ित महिलाओं की मदद की जा रही है साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है न्यूज डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर डेंगू मौत भिलाई के खुर्सीपार इलाके में पिछले चौबीस घंटे के दौरान डेंगू से चार लोगों की मौत हो गई है इनमें तीन बच्चे और एक युवक शामिल है डेंगू से अब तक इस क्षेत्र में दस लोगों की मौत हो चुकी है बताया जा रहा है कि शहर में डेंगू से अब तक एक हजार से अधिक लोग पीड़ित है जिनका तीन सौ से ज्यादा अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज चल रहा है इस बीच डेंगू का प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाए गए हैं वहीं लोगों को इस बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं दर्ग जिले के मलेरिया अधिकारी डॉक्टर एसके मंडल ने बताया कि एक हजार से ज्यादा नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को खुर्सीपार की विभिन्न बस्तियों में भेजा गया है जहां वे मरीजों की आवश्यक मदद कर रहे हैं वहीं कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने बताया कि डेंगू से प्रभावित मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं संक्षिप्त समाचार जगदलपुर में आज राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कमलचंद्र भंजदेव के काफिले में चल रहे एक वाहन के नाले में गिर जाने से वाहन चालक की मौत हो गई

इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है